प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल होंगे

केंद्रीय सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इन जिलों में विकास की संभावनाए हैं

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने ये जानकारी दी

यह टेलीफोन ऐसी जगह रखा जाएगा जहां सभी की आसानी से पहंच हो बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दत्तक कार्यक्रम लागू करने की समीक्षा की गयी

ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड ने कल जयपुर में इन्दिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में बायोफ्यूल प्राधिकरण उच्चाधिकार समिति की चौथी बैठक में ये जानकारी दी

पाकिस्तान के प्रवास के दौरान इस महिला की सात दिन पहले मृत्यु हो गई थी उच्च स्तरीय निर्देशों के बाद आज मुनाबाव स्थित गेट खोला जायेगा गौरतलब है कि आम तौर पर इस गेट को भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लेग मीटिंग के दौरान ही खोला जाता है

पुलिस ने बताया कि ये लोग नागौर के रोहिसडा गांव के थे और एक मरीज को बीकानेर ला रहे थे बीकानेर में आज सुबह ही एक अन्य हादसे में दो ट्रकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई

इसके लिए चिकित्सा विभाग और एचपी एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड कंपनी के बीच कल एमओयू पर हस्ताक्षर हुए ये केंद्र कुचील सराधना रामसर और वैशाली नगर में खोले जाएंगे

इन केंद्रों पर आने वाले मरीजों का डाटा भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा

परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी

आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद करने के पक्ष में नहीं है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस विषय में प्रदेश के सभी जिला अधिकारी अपने जिलों की व्यवस्था के अनुसार निर्णय ले सकेंगे

समायोजित की जायेगी सांसद संतोष अहलावत ने इस मामले में राज्य के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेंद्र गोयल और जिला कलेक्टर दिनेश यादव से बातचीत करने के बाद बताया कि दोनों ने इस बारे में आश्वस्त किया हैं